मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने फिर से मतपत्र के जरिए मतदान कराने की सम्भावना से इंकार किया जयपुर में तीन दिवसीय हैल्थ फेस्टिवल आज से शुरू फेस्टिवल के दौरान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर शीतलहर चलने से सर्दी का असर बना हुआ है

कल आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट वार्ता में श्री गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार मध्यम वर्ग का सम्मान करती है और केंद्रीय बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके परिवार का बजट नियंत्रण में रहे पिछले साढ़े चार वर्षो में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया गया है समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण और विकास सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई इससे वंचित न रहे श्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ अभियान से सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ा है और कर के दायरे का भी विस्तार हुआ है

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह अंतरिम बजट के स्थान पर भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ज्यादा दिखाई देता है उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन घोषणाओं को लागू करने का समय नहीं बचा है

राजनीतिक दलों को निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने और आशंकाएं व्यक्त करने का अधिकार है

न्यायालय ने छह वर्ष पहले आईआईटीप्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स के कारण असफल रहे एक छात्र की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग देना कानूनी रूप सेउचित नहीं है इस फैसले से निगेटिव मार्किंग के कारण प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों मेंदाखिला नहीं पाने वाले आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश से जहां याचिकाकर्ता प्रताडित हुआ है वही अदालत पर भी मुकदमे का बोझ पडा है ऐसे में राज्य सरकार याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दे

इसमें दो हजार चिकित्साकर्मी भाग ले रहे है हैल्थ फेस्टिवल के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श दिया जा रहा है हैल्थ फैस्टिवल का उद्घाटन करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये इसका आयोजन किया गया है और राज्य सरकार ऐसे कार्यकमों को प्रोत्साहन देती है

दल तीन आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर आंगनबाडी केन्द्रों में संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी लेगा

कल सात स्पर्धाओं में से पांच स्पर्धाओं में पदक दिये गये पुरूष एलीट स्प्रिंट क्वालिफाइंग राउण्ड में अण्डमान निकोबार के ईसॉ ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया वहीं मणिपुर के रोनाल्डो दूसरे और आरएसपीवी के अमरजीत सिंह नेगी तीसरे स्थान पर रहे

प्रदेश में धौलपुर नागौर और चूरू सहित कई स्थानों पर आज सुबह घने कोहरे के कारण सड़क यातायात प्रभावित रहा